उसे अन्य चौदह दोनों के लिए होम क्वारंटिन में रहने को कहा गया है

राज्य सरकार की पोषण रसोई उद्यान योजना पर बोलते हए श्री ग्र्प्ता ने कहा कि यह न केवल प्रधान मंत्री मोदी के वॉकल फॉर लोकल के नारे को पूरा करेगा बल्कि क्षेत्र की पोषण संबंधी जरुरतों को भी पूरा करेगा उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को बीज और आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी राज्य सरकार ने पिछले महीने उनतीस मई को प्रति विधान सभा क्षेत्र में दो हजार पोषण रसोई उद्यान के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी राज्य मंत्रिमंडल ने पच्चीस हेल्टेयर या इससे भी अधिक के न्यूनतम पांच हेक्टेयर भूमि पार्सल के साथ प्रति विधानसभा क्षेत्र में क़षि फार्म क्लस्टर के विकास के लिए भी निर्णय लिया श्री ग्प्ता ने कहा कि यदि पोषण रसोई उद्यान योजना सफल हो जाती है तो मिड डे मिल अन्पूरक पोषण कार्यक्रम या अन्य के तहत जो भी खरीद की जा रही है वह इसके माध्यम से की जा सकती है

उन्होंने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को योजना के लिए दो हजार परिवारों का चयन करने को भी निर्देश दिया

गत मंगलवार को विभिन्न हितधारको के साथ जिला प्रशासन द्वारा ब्लाई गई एक परामर्श बैठक में यह निर्णय लिया गया सदन ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार द्वारा जारी एस ओ पी दिशानिर्देशों का पालन करते हए पंद्रह ज्लाई दो हजार बीस से शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस को फिर से खोलने का संकल्प लिया

जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधानों से बाहर से आए लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबंध करने का आग्रह किया और तदनुसार ईस्ट सियांग जिले के मिरेम गांव ने स्व सहायता के आधार पर दस शौचालयों के साथ साथ होम क्वारंटिन के लिए दस अलग अलग हट्स का निर्माण किया

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार को कोरोना महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हए माता पिता और शिक्षकों से बहत सारे अन्रोध मिले हैं